केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में पत्रकारों को ये जानकारी देते हुए बताया कि केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में कोविड का टीका सभी को निःशुल्क लगाया जाएगा स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से अपील की कि वह टीके की सुरक्षा और उसके प्रभाव के बारे में फैलाई जा रही अफवाहों से गुमराह न हों उन्होंने कहा कि सरकार टीकाकरण के लिए तय दिशा निर्देशों के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करेगी

मौसम प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज बादल छाए हुए हैं कल रात कई क्षेत्रों में वर्षा होने का समाचार है राजधानी शिमला में भी कल रात बारिश हुई जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है

इधर अटल टनल रोहतांग व लाहौल की तरफ बर्फबारी के कारण फंसे पर्यटकों को सकुशल वापिस मनाली पहुंचा दिया गया है हमारे कुल्लू संवाददता आशीष कुमार ने बताया कि बीते दिन कुछ सैलानियों के वाहन ध्रंधी में ज्यादा बर्फबारी के चलते फंस गए थे

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने कोरोना वैक्सीन से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है पंजाब केसरी मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के हवाले से लिखता है इस माह के अंत तक हिमाचल को भी कोरोना वैक्सीन मिलने की उम्मीद

गुड़िया मामले से जुड़ी खबर पर दैनिक जागरण का शीर्षक है कोटखाई केस के आरोपित को अन्य मामले में आजीवन कारावास अमर उजाला और हिमाचल दस्तक के लगभग एक जैसे शब्द हैं गुड़िया कांड के आरोपी नीलू चरानी को उम्रकैद पौंग झील में हर दिन प्रवासी पक्षियों की संदिग्ध मौत मत्स्य आखेट पर रोक शीर्षक से अमर उजाला लिखता है बर्ड फ्लू की जताई जा रही आशंका हजारों में हो सकता है आंकड़ा

अमर उजाला की एक खबर है माजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा की गृह पंचायत विजयपुर में निर्विरोध चुने प्रतिनिधि मौसम से जुड़ी खबर पर दिव्य हिमाचल के शब्द हैं हिमाचल कांपा पांच जिलों में हाई अलर्ट